मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि सरकार प्रदेश में पर्यावरण सुधार के लिये सौर ऊर्जा के विकास सहित कई विकल्पों पर विचार कर रही है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघ् शर्मा ने कहा है कि कूपोषित और समय से पहले जन्मे शिशुओं की बेहतर देखभाल के लिये नवजात सुरक्षा योजना लाई जायेगी जैसलमेर जिले का प्रसिद्ध मरू महोत्सव आज संपन्न हो रहा है

सत्र की शुरूआत से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उद्योग संगठनों अर्थशास्त्रियों और सामाजिक संगठनों के साथ व्यापक मंत्रणा की है बजट सत्र के लिये पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हुये हैं

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में पर्यावरण सुधार के लिये सोलर एनर्जी के विकास सहित कई विकल्पों पर विचार कर रही है

इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये

वे नमो ऐप ओपन फोरम या माइ जीओवी पर भी लिख सकते हैं

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद नायक राजीव सिंह शेखावत को श्रद्वांजलि दी उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि हम सभी इस सबसे कठिन समय में उनके साथ हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें हिम्मत मिले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष एवं उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी शहीद नायक राजीव सिंह शेखावत की शहादत को नमन किया जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी शहीद के परिवार से मिलकर उनको सांत्वना दी

उन्होने आज जयपुर के एमएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित कंगारू मदर केयर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही हाल ही में प्रदेश में हुई नवजात शिशुओं की मौत पर उन्होंने चिंता प्रकट की श्री शर्मा ने कहा कि कंगारू मदर केयर पद्धति को भी निरोगी राजस्थान का हिस्सा बनाया जाएगा साथ ही राज्य में किसी भी नवजात की मौत न हो इसके लिए जल्द ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया जाएगा इससे पहले सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुधीर भंडारी ने कंगारू मदर केयर के बारे में बताते हए मां की गोद को प्राकृतिक इन्क्यूबेटर बताया यूनिसेफ के प्रतिनिधि ने बताया कि यूनिसेफ सरकार के साथ भिलकर केएमसी पद्धति पर काम करेगी और नवजातों की देखभाल में अहम भूमिका निर्माएगी

मेले में बड़ी संख्या में श्रद्वालुओ ने पहुंचे आदिवासियों के इस महाकृभ में आज लोकनत्य गैर के साथ साथ कई अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं गौरतलब है कि बेणेश्वर धाम मेला राज्य के ड्रंगरपुर जिले का प्रसिद्ध मेला है जो माघ शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर सोम माही और जाखम नदियों के पवित्र संगम पर भरता है इस मेले में राजस्थान के अलावा गुजरात महाराष्ट्र सहित देश के लाखों लोग भाग ले रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्दालुओं को मेले की शुभकामनाएं दी है

देश भर से आए हजारों श्रद्धालुओं ने मुख्य गंउ घाट एवं ब्रह्म घाट पर डुबकी लगाकर मंगल की कामना की